आज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह सहित कुल चार उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णदेव साय और चनाव प्रभारी अमर अग्रवाल के साथ पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे नामांकन से पहर्ले एक रैली निकाली गई रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया है वहीं नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से कर्जमाफी के नाम पर की गई वादाखिलाफी इस उपचनाव में एक बडा मृद्दा होगा वहीं मरवाही उपचुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है इसमें चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह सांसद सरोज पांडेय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल है इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर केके ध्रव कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे नामांकन दाखिले के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के कई अन्य नेता उपस्थित रहेंगे इस उपचुनाव के लिए अब तक कुल सात नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं परसों सत्रह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि उम्मीदवार उन्नीस अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे इस सीट पर मतदान तीन नवंबर को होगा इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता ध्यान सिंह पोर्ते अर्चना पोर्ते और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शंकर कंवर ने अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया श्री पोर्ते ने वर्ष दो हजार आठ में और श्रीमती पोर्ते ने वर्ष दो हजार अट्ठारह में भाजपा की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ा था गौरेला पेण्ड़ा मरवाही के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल की उपस्थिति में इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया इन नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने कांग्रेस प्रवेश का फैसला लिया ऋचा जोगी जाति निरस्त जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मूंगेली जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने निलंबित कर दिया है समिति के अध्यक्ष ने बताया कि दस्तावेजों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया अब इस प्रकरण को राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के समक्ष भेज दिया गया है इस बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभित जोगी ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है उन्होंने यह भी कहा कि अगर नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उनके नामांकन पत्र को निरस्त किया जाता है तो वे इस उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया को रद्द करवाने के लिए अदालत जाएंगे श्री जोगी ने कहा कि राज्य छानबीन सभिति द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त नहीं किया गया है इसलिए वे वैधानिक रूप से मरवाही में उपचुनाव लड़ने के पात्र हैं फोर्टिफाइड राईस वितरण राज्य में लोगों के भोजन में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कृपोषण से मुक्ति के लिए आगामी एक नवंबर से फोर्टिफाइड राईस वितरण योजना की शुरूआत की जाएगी पायॅलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना कोंडागांव जिले से शुरू होगी आयरन और विटामिनयुक्त फोर्टिफाइड राईस का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और अन्य योजनाओं के तहत किया जाएगा गौरतलब है कि इस योजना को शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में की थी इसके लिए बजट में पांच करोड़ अस्सी लाख रूपये का प्रावधान भी किया गया है

कार्भिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को यह सनिश्चित करने को कहा गया है कि समी सरकारी बैठकें कॉविड नाइंटीन से संबंधित सावधानियां बरतते हए शुरू की जाएं ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को महामारी के बारे में जागरूक किया जा सके

मानसिक परामर्श की इस सुविधा को लेने के लिए कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर एक शुन्य चार पर फोन कर सकता है फिलहाल यह व्यवस्था राज्य के कुछ जिलों में लाग है जल्द ही यह सविधा परे राज्य में शुरू की जाएगी संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोर्ड ने बताया कि प्रशिक्षित काउंसलर की मदद से मरीजों को फोन या वीडियो कॉल कर डर और तनाव दर करने के उपाय बताए जा रहे हैं वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों का भी कहना है कि नवरात्र पर्व के दौरान घर से बाहर निकलते समय लोग मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें साथ ही सुरक्षित दूरी और हाथों की सफाई का भी ख्याल रखें विशेषज्ञों ने बताया कि आदत और व्यवहार बदलकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है वहीं कोरोना के लक्षणरहित मरीजों की पहचान के लिए चलाए गए कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत दूर्ग जिले में तीन लाख सोलह हजार से अधिक घरों का सर्वे किया गया इस दौरान कोरोना से मिलते जूलते लक्षणों वाले करीब उनतीस सौ मरीजों की पहचान कर इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया इस बीच छत्तीसगढ़ के लोक गायक दीपक चंद्राकर ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है

इसके अंतर्गत रायपूर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार किया गया यह कार्यक्रम कल सुबह साढे दस बजे प्रसारित होगा जिसे छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे

यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है श्री बघेल ने आज दंतेवाड़ा जिले से छू लो आसमान कार्यक्रम को तहत जेईई मेन्स में सफल हुए सत्रह विद्यार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की और उन्हें श्रभकामनाए दीं चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले वर्षो में विकासखंड स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे गौरतलब है कि करीब दस वर्ष पहले जिला प्रशासन दंतेवाड़ा और एनएमडीसी के सहयोग से प्रारंभ किए गए छू लो आसमान कार्यक्रम की मदद से अब तक आठ सौ पैंतालीस विद्यार्थियों का चयन विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हो चुका है अब्दूल कलाम जयंती पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नवासीवीं जयंती आज मनाई जा रही है वे देश के ग्यारहवे राष्ट्रपति थे केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्रालय की फिल्म्स डिविजन ने श्रद्धांजलि के रूप में अपनी वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल पर पीपुल्स प्रेसीडेंट शीर्षक से एक विशेष वृत्तवित्र प्रसारण किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया है श्री बघेल ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि श्री कलाम का जीवन राष्ट्र सेवा का अनंतकाल तक पढ़े जाने वाला महाग्रंथ है

यह दिन कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने खाद्य सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण गरीबी दूर करने में आदिवासी महिलाओं समेत सभी ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को महत्व रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है वहीं रायपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में महिला कृषक दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस मौके पर महिला स्व सहायता समूह के लिए छत्तीसगढ़ी व्यंजन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई थी भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और इंदिरा गांधी कषि विश्वविद्यालय रायपुर के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में करीब पैंतीस महिला कृषक शामिल हई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर गौतम राय ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है इसलिए इसमें महिलाओं की समान सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए सुकमा माओवादी बैठक सुकमा जिले में माओवादियों के खिलाफ संचालित अभियान की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा और सीआरपीएफ के आईजी प्रकाश डी ने किस्टारम में अधिकारियों के साथ माओवादियों से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति को लेकर चर्चा की बैठक में बस्तर आईजी सुंदरराज पी भी उपस्थित थे इस दौरान अधिकारियों ने जिले में माओवाद प्रभावित इलाकों में पदस्थ सुरक्षा बलों के जवानों के साथ भेंट की और उनका हौसला बढ़ाया ठगी मामला खुलासा अंबिकापुर पुलिस ने रकम दोगुना करने के नाम पर करीब एक करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस के अनुसार अधिक ब्याज देने के नाम पर इस फर्जी कंपनी के संचालकों ने अंबिकापुर में करीब एक सौ पचहत्तर लोगों से लाखों रूपये की धोखाधड़ी की और इसके बाद अपना ऑफिस बंद कर फरार हो गए शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम ने गिरोह के तीन आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ठगी की रकम से बिहार महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर जमीनें खरीद रखी हैं उधर दूर्ग में भी एक राजनीतिक दल के नेता के खिलाफ जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है यह आरोपी पहले से ही जमीन की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल में बंद है

अजरकुंड गांव की तीन किशोरी बॉलिकाएं बीते सोमवार को अचानक घर से गायब हो गई परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बालिकाओं को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया बताया जाता है कि ये आरोपी किशोरी बालिकाओं को काम दिलाने का झांसा देकर दूसरे राज्य में ले जाने की तैयारी में थे होटल प्रबंधन पाठ यक्रम बीएससी इन हॉस्पिटेलिटी एंड होटल प्रबंधन के तीन वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर उन्नीस अक्टूबर कर दी गई है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक जो विद्यार्थी किन्ही कारणो से जेईई की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं वे भी डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी विषय से बारहवीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य है सम्मान आवेदन आमंत्रित शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति और गुरू घासीदास सामाजिक चेतना तथा अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान के लिए बीस अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इच्छुक व्यक्ति या संस्था नवा रायपुर के इंद्रावती भवन रिथत आदिम जाति और अनुसचित जाति विभाग के कार्यालय के नाम अपना आवेदन भेज सकते हैं

मौसम मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान कोन्द्र के अनुसार दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है साथ ही मध्य बंगाल की खाड़ी से पूर्व मध्य अरब सागर तक एक द्रोणिका बनी हुई है इसके असर से राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी राजधानी रायपुर में आज सुबह से बदली छाई रही और रूक रूककर बारिश होती रही संक्षिप्त समाचार संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा अट्ठारह अक्टूबर को रायपुर जिले के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में दो पालियों में संपन्न होगी जिला कलेक्टर ने इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं गरियाबंद जिले के देवमोग तहसील में पदस्थ एक लिपिक ने खुदकूशी कर ली है मृतक ने सुसाइड नोट में अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़े के तहत महासमुंद जिला चिकित्सालय में करीब डेढ़ सौ लोगों ने रक्तदान किया आज रक्तदान शिविर के अंतिम दिन रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया महासमुंद जिले के शिक्षकों के संविलियन के लिए कल दावा आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि है दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षक आवेदन दे सकेंगे राजनादगांव नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख ने आज बजट पेश किया महापौर द्वारा करीब पचपन लाख रूपये के घाटे का बजट पेश किया गया महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में ओडिशा के दो युवकों को गिरफ्तार किया है इनके पास से करीब दस किलों गांजा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है वहीं कोंडागांव जिले में भी फरसगांव पुलिस ने एक ट्रक से करीब चार लाख रूपये कीमत का गांजा बरामद किया है यह गांजा ओडिशा से खरीदकर गुजरात ले जाया जा रहा था इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जांजगीर चांपा जिले की मालखरौदा पुलिस ने मवेशियों की तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है